इस योजना को लागू करने में इंदौर जिले का प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसके लिए मध्यप्रदेश का सम्मान करेंगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर थाइलैंड और सिंगापुर से भारत आने वाले यात्रियों की भी हवाई अड्डों पर जांच की जा रही है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 डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कोरोना वायरस प्रदेश वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस से अनावश्यक डरने की जरूरत नहीं है सावधानी और सतर्कता से इस वायरस से बचाव आसान है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की निगरानी रोकथाम बचाव और नियंत्रण के लिये पूर्ण सजग और क्रियाशील है

घडियाल टाइगर स्टेट के बाद अब प्रदेश घडियाल स्टेट भी बन गया है विलुप्त हो रहे घडियाल के संरक्षण व संवर्धन हेतु बनाये गये चंबल घडियाल अभ्यारण्य में संबसे ज्यादा घडियाल है गौरतलब है कि प्रदेश में पांच सौ ज्यादा टाइगर है और कर्नाटक को पीछे छोडते हुए प्रदेश ने हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया है हमारे मुरैना संवाददाता के अनुसार वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट आफ इंडिया व्दारा गोपनीय रूप से कराये गये गणना सर्वे में चंबल नदी में विश्व के सर्वाधिक घडियाल पाये गये हैं

मुरैना जिला वन मंडल अधिकारी पी डी ग्रेवियल ने बताया कि चंबल नदी पर घडियालों का अभ्यारण्य बनाने के बाद से स्वच्छ पानी में पाये जाने वाले भारतीय घडियालों की संख्या में निरंतर बढोत्तरी हो रही है

उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि ओरछा को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की नजर से महोत्सव की तैयारी करें मुख्य सचिव ने महोत्सव की तैयारियों के साथ ओरछा के विकास का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि पुरातत्व महत्व के भवनों की साफ सफाई और उनकी सजावट का काम समय सीमा में पूरा करें इसके साथ ही अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए महोत्सव के लिए ओरछा नगर के आसपास की सड़कों का नवीनीकरण भी कराया जा रहा है

राष्ट्रीय कालीदास सम्मान के लिये नृत्य गुरू उमा शर्मा और जतिन गोस्वामी का चयन निर्णायक मंडल द्वारा किया गया

उधर राज्य शासन ने पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर और संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को प्रदेश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेश्कर सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय लिया है

आदिवासी महोत्सव मंडला के रामनगर में हर साल की तरह इस साल भी नर्मदा तट पर आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा

दो दिवसीय महोत्सव में आदिवासी कला और संस्कृति के आयोजन के साथ साथ क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा होगी मौसम सर्द हवाओं का प्रभाव कम होने के चलते राजधानी भोपाल समेत ज्यादातर जगहों पर कल ठंड से राहत रही प्रदेश में दो से तीन दिन तक मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है हालांकि इस बीच कुछ जगहों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर रह सकता है मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश का मौसम शुष्क रहने और ठंड में खास बदलाव की संभावना नहीं है हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जिसका असर आज शाम से प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दिखाई दे सकता है बाकी जगहों पर अगले दो से तीन दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा

बैठक में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जायेगा

इसके लिए छूटे हुए टीबी रोगियों की पहचान के लिए गांव के पंच और सरपंचों का सहयोग लिया जाएगा

इस दौरान अधिनियम के समर्थन मे लोगों ने अपने विचार रखे